इनमें झालावाड जिले के प्रगतिशील किसान हक्मचंद पाटीदार भी शामिल है उन्हें जैविक खेती में किये गये उल्लेखनीय कार्यो के लिये पदमश्री से नवाजा गया

श्री पाटीदार ने बताया कि वे जैविक खेती से बड़ी पैदावार ले रहे हैं और विदेशों में भी अपने उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं उन्होंने युवाओं से नौकरी के बजाय खेती के कार्य में जुटने की अपील की

श्री नायडू ने आज हैदराबाद में एक कार्यक्रम में भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के प्रतिनिधियों से उच्च गुणवत्तायक्त सस्ती दवाए उपलब्ध कराने को आग्रह किया उन्होंने कहा कि दवाओं के निर्माण में विश्वस्तरीय मानकों का कड़ाई से पालन होना चाहिए और दवाओं की उपलब्यता के साथ कोई समझौता किए बगैर नयी दवाओं की खोज पर भी ध्यान दिया जाए श्री नायड् ने शोध और नवाचार को बढावा देने पर जोर देते हुए कहा कि प्रतिदिन स्वास्थ्य क्षेत्र में नयी चुनौतियां उभर कर सामने आ रही हैं और संकामक जीवनशैली से जुड़ी तथा कैंसर जैसी बीमारियां काफी तेजी से बढ रही है उन्होंने कहा कि देश में इस तरह की बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या इस समय सात करोड़ से अधिक है और ऐसी बीमारियों के उपचार के लिए कम दरों पर नयी दवाओं के बारे में भी सोचने की जरूरत है

पुलिस ने बताया कि दोनों अपराधियों से पूछताछ के बाद कई राज खुलने की संभावना है ठग राजन कई जिलों के बडे उद्यमियों ज्वैलर्स होटल संचालकों को खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर इंडियन बैंक के अधिकारी रमेशचंद्र कोंडल से मिलवाकर लाखो रूपए ऐंठ चुका है

दौसा जिले के भांडारेज में आयोजित हुए सभा को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उनकी सरकारों ने हमेशा दौसा के साथ सौतेला व्यवहार किया है उन्होंने कहा कि दौसा जिले में हमेशा कांग्रेस के पक्ष में माहौल रहा है और वहां से ज्यादातर कांग्रेस के सांसद रहे हैं

आज जयपूर में संवादाताओं से बातचीत में श्री बेनीवाल ने कहा कि नागौर जोधपुर समेत अन्य सीटों पर उनकी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लडेंगे वहीं अन्य सीटों पर उनके समान विचारधारा वाली पार्टी का समर्थन करेंगे श्री बेनीवाल ने कहा कि किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी युवाओं को रोजगार उनके मुख्य मुद्दे होंगे

बीकानेर में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आज एक रैली निकाली गई

नागौर जिले के मेड़तासिटी में आज मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जानकारी दी गई मतदाताओं को मतदान अवश्य करने के लिए जागरूक किया गया दिव्यांग मतदाताओं को भी मतदान करने की प्रकिया बताई गई जिले के जायल में भी उपखंड अधिकारी ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हुआ

इन लोगों से पिस्तौल देसी कटटे व जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं एसओजी के प्रवक्ता के अनुसार विशेष टीम ने भरतपुर के ऊंचा नंगला पुलिस चेकपोस्ट के पास अवैध हथियारों के जखीरे के साथ इन लोगों को गिरफतार किया

हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं

पाली जिले के रानी कला की सरपंच को पद का द्रूपयोग करने के मामले में पद से हटा दिया गया है बीकानेर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम आयोजित किया गया